मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं और पिछले दो वर्षों में किये गए विकास कार्यों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं सरस मेला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए ऊना में आज से सरस मेले का आयोजन किया जाएगा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर मेले का शुभारंभ करेंगे

बेटी बचाओ राष्ट्रीय बालिका शिशु सप्ताह के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

हमीरपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी हुक्म चंद शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक किया जाएगा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लू चम्बा और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हल्का हिमपात हों रहा है वहीं निचले क्षंत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा का समाचार है इधर राजधानी शिमला समेत कुफरी नारकंडा व खड़ा पत्थर में कल रात हुई बर्फबारी के कारण ऊपरी शिमला के लिए यातायात फिर अवरूद्व हो गया है और रामपुर के लिये बसों को वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है हिमपात तथा वर्षा से तापमान में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है

खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों में आज विभिन्न आयु वर्ग में मुक्केबाजी बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल और हॉकी के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे कल खेले गए बॉक्सिंग के सेमीफाइनल मुकाबलों में हिमाचल के नवराज चौहान और स्नेहा कुमारी ने जीत दर्ज कर फाईनल में जगह बना ली है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की खबर को आज सभी समाचारपत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संभालेंगे हिमाचल के नड्डा निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित दैनिक जागरण का शीर्षक है जेपी नड्डा के हाथ भाजपा की कमान सर्वसम्मति से चुने गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है स्कूटर पर घूम साथ किया काम अब हिमाचल करे गर्व दिव्य हिमाचल के मुताबिक पूरे देश में खिलाएंगे कमल भाजपा अध्यक्ष बनते ही जेपी नड्डा ने लिया संकल्प सीबीआई की कोर्ट में याचिका जैदी की जमानत रद्द की जाए शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है केस की गवाह पूर्व एसपी सौम्या को परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप हिमाचल दस्तक की खबर है वेबसाइट पर फीस बताएं निजी स्कूल नए सत्र से पहले शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत मामले में रिपोर्ट तलब पूछा किसी पुरुष कर्मचारी की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई दैनिक जागरण की खबर है